् केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा टिड्डी नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार ने हवाई स्प्रे करने का किया फैसला ्र प्रदेशभर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति की नियमित समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर भी घरों में क्वारेंटाइन किया गया है उनके स्वास्थ्य की समुचित मॉनिटरिंग की जाए और आवश्यकता पडने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए

लाभार्थियों को भी राशन लेने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करनी होगी

श्री गहलोत ने कल ट्वीटर पर यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि जल्द ही बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा श्री चौधरी ने बताया कि इन दलों को सीमावर्ती क्षेत्र में ही रोकने और नष्ट करने के लिए हैलीकॉप्टर से भी कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया जाएगा

ये गणना दो चरणों में होगी वन्य जीवों की गणना वाटर हॉल मार्क पद्धति के आधार पर की जायेगी गणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हुई जो कल आठ बजे तक जारी रहेगी इसके लिए अभ्यारण्यों में वाटर पॉइंट बनाये गये है

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार की सहभागिता से प्रदेश के सभी गांवों की आबादी क्षेत्र का ड्रोन तकनीकी के माध्यम से सर्वे किया जायेगा उन्होंने बताया कि वर्ष अगले दो वर्ष में होने वाले इस सर्वे में गांव के सभी मकान मालिकों के स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किये जायेंगे उन्होंने बताया कि इस सर्वे के माध्यम से गांवों की आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सकेगा सम्पत्तियों का वैध रिकार्ड तैयार होगा तथा सम्पत्ति मालिकों को सम्पत्ति कार्ड जारी किये जायेंगे इससे आबादी क्षेत्र में सम्पत्ति सम्बंधी विवादों में कमी आयेगी तथा ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी

इस विडियो कॉफ्रेंस को प्रदेश के अलग अलग नेता सम्बोधित करेंगे इसके लिए केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है और हम सभी को एकजुट होकर प्रदूषण को रोकना होगा राज्यपाल ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि प्रदेश का हर व्यक्ति कम से कम दो पौघे अवश्य लगाये राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यो और शिक्षकों को भी सम्बोधित करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुखद और सुरक्षित भविष्य मिल सके विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपीजोशी ने भी इस अवसर पर आमजन को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि संतुलित पर्यावरण मानव जीवन के लिए आवश्यक है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभमाकनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा है कि हमे अपनी समृद्ध जैव विविधता पर गर्व है